पांच कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर विधानसभा में गतिरोध जारी विपक्ष का सदन से वॉकआउट माकपा विधायक राकेश सिंघा ने राज्यपाल के अभिभाषण को बताया आधा अध्रा दस्तावेज कई मुददों पर सरकार को घेरा मुख्यमंत्री ने भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों से भिशन रिपीट के लिए कार्य करने का किया आहवान

इसे लोक निर्माण विभाग अपनी गाड़ियों में लगा कर बर्फ हटाने के काम के लिए इस्तेमाल में ला रहे है विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक राकेश सिंघा के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों से तूरंत बर्फ हटाने के लिए इस काम को आउटसोर्स पर दिया जा रहा है ताकि लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी न हो उन्होंने कहा कि भविष्य में इस काम को आउटसोर्स पर न देने के प्रयास किए जा रहे है मुख्यमंत्री ने माना की नारकंडा से बतनाल तक स्नोबॉन्ड क्षेत्र है ऐसे में यहां पर संभावित सड़क द्वर्घटनाओं को रोकने के लिए शीघ्र रिटेनिंग वॉल की व्यवस्था की जाएगी

विधायक होशियार सिंह के सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकर ने बताया कि स्टेट रोड टैक्स और टोकन टैक्स वसूलने के लिए सरकार विशेष अभियान चलाएगी

विधायक अनिल शर्मा के सवाल के जवाब में खेल मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि मंडी के पधर में स्पोर्टस काम्पलैक्स और इंडोर हॉल व हॉकी एसट्रोटर्फ के निर्माण के लिए पौने पांच लाख रूपए एफसीए पर खर्च किए जा चुके हैं और इसका नक्शा भी तैयार कर दिया गया है इस बीच मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षेप करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की जमीन इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि उनके पास एक्सपेंशन के लिए और कहीं जगह नहीं है स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश में जड़ी बूटियों के संग्रहण के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इसके लिए उत्तराखंड की नीति का भी अध्ययन किया जा रहा है सैजल ने कहा कि इसके जो अच्छे प्वाइट सामने आएंगे उसका अनुसरण किया जाएगा वाकआउट विधानसभा के बजट सत्र में पांच कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर चल रहा गतिरोध जारी है विपक्षी ने इस मुद्दे पर हंगामा करते हुए आज सदन से वाकआउट कर दिया

जगत सिंह नेगी ने इसे एकतरफा व तानाशाही भरा फैसला करार दिया और विधानसभा अध्यक्ष से इस पर व्यवस्था देने की मांग उठाई उन्होंने कहा कि सदन को फिर से बुलाना और इसके लिए विपक्ष को उचित समय देना विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है नेगी र्ने कहा कि विपक्ष की गैरमौजूदगी में पांच कांग्रेस विधायकों को निलंबित करने का फैसला और मार्शल की शिकायत को आधार बनाते हुए इन विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई

जिस पर विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने विपक्ष के वाकआउट के बाद कहा कि राज्यपाल के सम्मान को पहंची ठेस के लिए विपक्ष को माफ नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा कि राज्यपाल के साथ विपक्ष द्वारा किया गया दुर्वयवहार अब उसी के गले की फांस बन गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की आज स्थिति यह हो गई कि उन्हें खूद ही पता नहीं लग रहा और अब वे सदन की व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं

सदन एक घंटा चला यदि उन्हें आना होता तो वे सदन में आ सकते थे लेकिन विपक्ष की मंशा ठीक नहीं थी उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ कोई दर्वयवहार नहीं कर सकता है अब विपक्षी सदस्यों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है और नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है अभिभाषण चर्चा प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रही इस दौरान विपक्ष की गैर मौजूदगी में माकपा के तेज तर्रार नेता राकेश सिंघा ने विपक्ष की कमान संभाली और राज्यपाल के अभिभाषण को आधा अध्रा दस्तावेज बताया हालांकि सत्तापक्ष की ओर से विधायक अरूण कुमार ने जोरदार दलीलें देकर सरकार का बचाव किया माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पटरी से उतर चुकी है सिंघा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कोरोना से लड़ाई के नाम पर हुई खरीद फरोख्त में भारी धांधलियां हुई हैं उन्होंने चंबा में एक निजी मेडिकल स्टोर से बाजार की तुलना में अत्याधिक ऊंची कीमतों पर खरीदे गए मास्क और थर्मल स्कैनर मामले की तुरंत जांच कराने की बात कही उन्होंने इस संबंध में दस्तावेज भी सभापटल पर रखे सिंघा ने सरकार के आनलाइन शिक्षा के दावे को भी झूठा करार दिया उन्होंने कहा कि अभिभाषण में सरकार ने ऐसे छात्रों को घर द्वार पर अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने का दावा किया है जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं थे लेकिन ये दावे सरासर झठे हैं क्योंकि एक भी छात्र को शिक्षकों की ओर से इस तरह की कोई सामग्री घर पर नहीं दी गई

भाजपा के अरूण कुमार ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए सरकार का हर मौके पर बचाव किया और कहा कि कांग्रेस द्वारा राज्यपाल के साथ की गई बदसलुकी से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ हौ और राज्य की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी अरूण कुमार ने डीजल और पेंट्रोल की कीमतें बढ़ने पर केंद्र का बचाव करते हुए कहा कि ये कीमते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने से बढ़ी हैं राज्यपाल के अभिभाषण पर कर्नल इंद्र सिंह नरेंद्र ठाकुर विनोद कुमार जेआर कटवाल हीरा लाल सुरेंद्र शौरी और कमलेश कुमारी ने भी हिस्सा लिया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई जबाब देंगे जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि किसी भी पार्टी के उत्थान में संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और महिला मोर्चा ने इसे सार्थक करते हुए प्रदेश में पार्टी को सशक्त बनाने में मदद की है ऊना जिले के भरवाई में आज प्रदेश भाजपा महिला मोर्चो की कार्यसमिति की बैठक के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने ये बात कही जयराम ठाकर ने कहा कि महिला मोर्चा अपने समर्पण सेवा भावना और कर्तव्य परायणता के चलते प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में अपनी अलग पहचान बना चुका है

इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर उद्योग मंत्री बिकम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप अन्य पार्टी नेता मौजूद रहे कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ एक बैठक कर आगामी नगर निगम चुनाव और विभिन्न मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति बनाई उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश का हर वर्ग महगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार से जूझ रहा है जबकि सरकार इस पर कोई भी कार्य नहीं कर रही है